सरकार ने आज उन ग्राहकों को बड़ी राहत दी जिनके मकान अभी भी ग्रेटर नोएडा और नोएडा के इलाके में भवन निर्माताओं की लापरवाही की वजह से उन्हें नहीं मिल सके हैं मंत्रिमंडल ने ऐसी जमीनों को जिनमें कोई विवाद है और उसकी वजह से भवन निर्माण में देरी हुई है उसमें बिल्डर्स से देरी की वजह से लिया जाने वाला सरचार्ज माफ करने का फैसला किया लेकिन बिल्डर्स को इस सरचार्ज का फायदा अपने ग्राहकों को देना होगा

मंत्रिपरिषद के निर्णय में प्राइवेट जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों की भर्ती और सेवाशर्तो में संशोधन का प्रस्ताव शामिल हैं

इसके अलावा जिन स्थानों पर यह कम्पनियां निवेश करेंगी वहां पर सड़क पानी और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी सरकार करेगी इस तरह की सुविधाएं देने वाला प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य बन गया है एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने पॉवरलूम बुनकरों को हर माह दी जाने वाली सब्सिडी में बदलाव करते हुए एक हार्सपॉवर के पावरलूम को हर महीने दो सौ चालोस यूनिट बिजली साढ़े तीन रूपये प्रति यूनिट की दर से देने और आधे हार्स पॉवर वाले पावरलूम को इसी दर पर एक सौ बीस यूनिट बिजली की सब्सिडी देने का फैसला किया है इसके साथ ही सरकार इन्हें सोलर पैनल पर भी सब्सिडी देगी

मंत्रिमंडल ने नये पेट्रोल पम्पों से जुड़ी नीति को भी मंजूरी दे दी जिसे लोकनिर्माण विभाग संचालित करेगा कैबिनेट ने आज नगर पंचायतों और दो नगर निगमों के विस्तार को भी मंजूरी दी गई आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जा रहा है इस दिवस का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के निशक्त लोगों के अधिकारों और उनकी सेहत के मामलों को बढ़ावा देना और उनके विकास के लिए जागरूकता बढ़ाना भी है

नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाले संगठनों और उल्लेखनीय योगदान करने वाले दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित करते हुए उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरकार दिव्यांगों की बेहतरी के लिए समाज को समावेशी बनाने के वास्ते प्रतिबद्ध है

मैं आग्रह करूंगा कि हर स्कूल इस प्रकार की पहल करे इससे जीवन में शुरूआत से ही बच्चों में दिव्यांगता के प्रति संवेदनशीलता का भाव पैदा होगा यदि समुचित परिवेश और अवसर उपलब्धच कराये जायें तो ये प्रतिभाशील नागरिक राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान कर सकते हैं

अपर मुख्य सचिव दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग महेश कुमार गुप्ता ने दिल्ली में उप राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किया इसके अलावा प्रदेश को दो अन्य श्रेणियों में भी पुरस्कार हासिल हुए राज्य को सुगम्य भारत अभियान को बेहतरीन तरीके से लागू करने के लिये सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की वेबसाइट को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग हितैषी पोर्टल का पुरस्कार प्राप्त हुआ जिलों की श्रेणो में वाराणसी को दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिये पुरस्कृत किया गया इस अवसर पर प्रदेश में भी विविध कार्यक्रम आयोजित किये गये विभिन्न गोष्ठियों में वक्ताओं का कहना था कि दिव्यांग बच्चों में प्रतिभाओं की कमी नहीं होती यदि इन्हें अवसर मिले तो वह भी काफी आगे जा सकते हैं बलरामपुर में दिव्यांगों के लिये जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कुशीनगर में स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से विकलांगों के लिये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सरकार देश को निवेश की दृष्टि से अधिक आकर्षक बनाने के लिए और आर्थिक सुधार कर सकती है आज नई दिल्ली में भारत स्वीडन कारोबार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संबंध में कारपोरेट कर में कमी सहित कई उपाय किये हैं श्रोमती सीतारमन ने कहा कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में और आर्थिक सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है देश में कारोबार को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठाये गए हैं इससे स्वीडन के कारोबारी आश्वस्त हो सकते हैं कि भारत में कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है सरकार बैंकिंग खनन और बीमा तथा अन्य क्षेत्रों में और सुधार करने के प्रति वचनबद्ध है श्रीमती सीतारमन ने स्वीडन की कंपनियों को भारत की आधारभूत विकास योजनाओं मे निवेश के लिए आमंत्रित किया वित्तमंत्री ने स्वीडन के व्यापार उद्योग तथा नवाचार मंत्री इब्राहिम बलान के साथ व्यापार और कारोबार के बारे में भी विचार विमर्श किया प्रदेश सरकार ने सोनभद्र में वन विभाग की भूमि को नियम विरूद्ध तरीके से निजी क्षेत्र को सौंपे जाने के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार को उनके पद से हटा दिया है इसके साथ ही वन विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी को भी उनके पद से हटाते हुए प्रतीक्षारत सूची में डाल दिया गया है उनके स्थान पर सुधीर गर्ग को प्रमुख सचिव वन का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है सरकार ने इस मामले की जाच के लिये अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट शासन को सौंपे जाने के बाद यह फैसला लिया वहीं दूसरी ओर होमगार्ड घोटाले के मामले में भी तेजी से कार्रवाई करते हुए सरकार ने पुलिस महानिदेशक होमगार्ड्स गोपाल लाल मीणा को उनके पद से हटाते हुए प्रतीक्षारत कर दिया है महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं आनन्द कुमार को पुलिस महानिदेशक होमगार्ड्स का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है प्रदेश सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में आज बारह भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले कर दिये

वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी और उच्चकोटि के विद्वान थे तपेदिक यानी टीबी की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिये चलाई जा रही सरकार की निक्षय योजना की वजह से टीबी के मरीजों के इलाज में निरन्तरता बढ़ी है और मरीज सरकारी मदद का लाभ लेने के लिये पूरी दवाई लेने का प्रयास कर रहे हैं प्रदेश में टीबी की रोकथाम के लिये बनी टॉस्क फोर्स के चेयरमैन और किंगजार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के पलमोनरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ सूर्यकांत ने आज लखनऊ में टीबी की रोकथाम को लेकर आयोजित एक मीडिया कार्यशाला में कहा कि निक्षय योजना के तहत हर टीबी मरीज के खाते में सीधे पांच सौ रूपये डालती है और इस वजह से टीबी के इलाज में काफी सकारात्मक बदलाव आये हैं